ग्रामीण क्षेत्रों में अब दस रूपये में मिलेंगे एलईडी बल्ब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

श्री सिंह ने वीडियो कॉफेंस के जरिये आरा के रमना मैदान से योजना की शुरूआत की समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को दस रूपये की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध कराये जायेंगे प्रत्येक परिवार को पांच बल्ब देने की योजना है योजना के लिए नियुक्त कर्मी हर गांव में बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर पुराने बल्ब लेंगे और उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करायेंगे श्री सिंह ने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष पचास हजार करोड़ रुपये की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कमी आयेगी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में बढती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य की इथेनॉल पालिसी की घोषणा के बाद से तीस निवेशकों ने इस क्षेत्र में रूचि दिखायी है

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों ने रूचि दिखायी है और बहुत जल्द धरातल पर काम दिखने लगेगा प्रदेश में डेढ़ महीने के बाद कल कोरोना के सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पच्चीस जिलों से एक सौ सात नये मामलों की पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक छब्बीस मामले पटना से सामने आये हैं वहीं भागलपुर से ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है इधर प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने के दर में भी गिरावट आयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो छह प्रतिशत है अब तक दो लाख इकसठ हजार तीन सौ चार लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है फिलहाल चार सौ पांच मरीजों का उपचार चल रहा है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए पांच अप्रैल तक स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है पहले से छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में अब तक सत्रह लाख नौ हजार आठ सौ सैंतीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तेरह लाख पचास हजार दो लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख उनसठ हजार आठ सौ पैंतीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक तीन करोड़ तिरानवे लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं

आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश में कोविड उन्नीस टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबर है उन्होंने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की

इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज सांइटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में कोई अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए अपने को सुरक्षित करिए अपने मित्रों को अपने परिवार जनों को समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान तथा संचारी रोग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि हाल के दिनों में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों की अनदेखी करना है

दो गज की दूरी हाथ साफ रखना मास्क इस्तेमाल करना और ये जो लार्ज गेदरिंग्स हो रही है न सोशल इवेंट के कारण हो रिलीजियस इवेंट हो या इलेक्शन कैंपेन ये सब अवॉइड करना चाहिए ये चार चीज होते हुए भी हम वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम चालू किया है ये पांच एक साथ हम ठीक तरीके से करते हैं तो चेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द वायरस ये हम रोक पाएंगे कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए कटिहार जंक्शन सहित राज्य के चार रेलवे स्टेशनों को अलर्ट जोन में रखा गया है यहां बाहर से आ रहे यात्रियों की रैपिड एंटिजन कीट के माध्यम से कोविड जांच की जा रही है कटिहार मंडल के अपर रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि कटिहार जंक्शन पर हर दिन दो सौ रेल यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने पन्द्रह अप्रैल तक सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है विभाग ने कहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के लेटर पैड पर परियोजना निदेशक के नाम से वायरल हो रहा पत्र फर्जी है लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गयी है बेगूसराय सदर अस्पताल में इंडियन ऑयल कारपोरेशन की बरौनी रिफायनरी छह बिस्तर वाले बर्न यूनिट की स्थापना करेगी इस संबंध में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और बरौनी रिफायनरी के कार्यपालक निदेशक शुक्ला मिस्त्री के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ तीन करोड़ सतासी लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस यूनिट का निर्माण कार्य अठारह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को एक सौ अस्सी दिनों के चिकित्सा अवकाश देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षक और सहायक शिक्षकों की सेवा शर्त में अंतर है एक अन्य सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने बताया कि मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत रसोईया सह सहायक के मानदेय में वृद्धि करने और दस माह के बजाय बारह माह का पारिश्रमिक भुगतान करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज कहा कि सीमांचल क्षेत्र में महानंदा और उसकी सहायक नदियों के कारण होने वाले कटाव और बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए एक हजार एक सौ चौरानवे किलोमीटर नये तटबंध बनाया जायेगा एआईएमआईएम के अख्तरूल इमान के ध्यानाकर्षण के जबाव में मंत्री ने कहा कि महानंदा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न फेज में इन तटबंधों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है उन्होंने कहा कि पंचानवे किलोमीटर से अधिक लंबे पुराने तटबंधों को मजबूत करने का भी कार्य शुरू किया जायेगा बिहार विधान सभा की ओर से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिये जाने की परम्परा शुरू की जायेगी

उन्होंने कहा कि लोकसभा द्वारा दिये जाने वाले सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की तर्ज पर ये पुरस्कार दिये जायेंगे

कांग्रेस के प्रेमचन्द्र मिश्र ने कहा कि सरकार को इस संबंध में केन्द्र के पास अपनी अनुशंसा भेजनी चाहिए भाजपा के सच्चिदानंद राय ने भी प्रेमचन्द्र मिश्र का समर्थन किया जबाव में प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि बारह जनवरी दो हजार छह को ही केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजी जा चुकी है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लगड़ी पाकड़ चौक के पास पुलिस ने एक कंटेनर से छह सौ छियालीस कार्टन शराब जब्त की है बरामद शराब का बाजार मूल्य लगभग पचास लाख रूपये बताया जाता है मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है वहीं जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलखरी जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ दरभंगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर तेईस शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्पना मार्केट के पास अपराधियों ने एक एटीएम कैश वैन के कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और नौ लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि कर्मी बैंक से रूपये निकालकर एटीएम में डालने जा रहा था तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है प्रदेश में पछ़्आ हवा के प्रभाव से गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है अधिकतम तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है आज भागलपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का तापमान चोंतीस दशमलव छह और गया का चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है

बताया जाता है कि कक्षा में लगे लोहे की किवाड़ में बिजली का तार सट जाने से ये हादसा हुआ मृतक पहली कक्षा की छात्रा थी पश्चिम चंपारण जिले के आलमगंज बाजार स्थित सैंट्रल बैंक आफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई दमकल दस्ते की मदद से आग पर काबू पा लिया गया हालांकि इस घटना में कई कागजात जलकर नष्ट हो गये

ग्रामीण क्षेत्रों में अब दस रूपये में मिलेंगे एलईडी बल्ब